प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जार्डन के शाह अब्दुल्ला बिन अल हुसैन के साथ शिष्टामण्डल स्तलरीय बातचीत की दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर विचार विमर्श किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का सामना आदर्शो धर्म के संदेशों और सिद्धान्तों के माध्यम से किया जा सकता है

श्री मोदी ने कहा कि कोई भी मजहब लोगों को असहिष्णुता और हिंसा की शिक्षा नहीं देता उन्होंने कहा कि निर्दोषों पर बर्बर हमले करने वाले कभी भी किसी धर्म से जुड़े नहीं हो सकते बाइट इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी का हमला करने वाले शायद ये नहीं समझते कि नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए खड़े होने का वो दावा करते है आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ मुहिम किसी पंथ के खिलाफ नहीं है ये उस मानसिकता के खिलाफ है जो हमारे युवाओं को गुमराह करके मासूमो पर जुल्म करने के लिए अमादा है श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को इस्लाम के मानवीय मूल्यों से जुड़ना चाहिए और प्रगति के लिए आधुनिक विज्ञान का उपयोग करना चाहिए हर पंथ हर सम्प्रदाय हर परम्परा मानवीय मूल्यां को बढ़ावा देने के लिए ही है और इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम से जुड़े हों और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सकें इस अवसर पर शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा कि दुनिया में शांति बनाये रखना जार्डन और भारत की साझा जिम्मेदारी है उन्होंने घूणा और हिंसा के खिलाफ अभियान चलाने पर बल देते हुए कहा कि ज़रूरत है कि युवा धर्मो के वास्तविक मूल्यों और शिक्षाओं को समझे ताकि जो सभ्यता हमें मिली है उसका सम्मान कर सक प्रवर्तन निदेशालय ने तकरीबन एक अरब नौ करोड़ रूपये की बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में हापुड़ जिले की सिंभावली चीनी मिल के चेयरमैन गुरमीत सिंह मान और अन्य लोगों के खिलाफ मामला पंजीकृत किया है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक दोनों क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं कर जनता को अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए आकर्षित कर रहे हैं

इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से विकास के मुद्द पर चुनाव लड़ रही है उन्होंने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा दोनों चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं

यही हमारा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर हमें समर्थन मिल रहा है और समर्थन बढ़ रहा है

रंगों के पर्व होली की तैयारियां पूरे प्रदेश में चरम पर है अब से कुछ देर बाद होलिका दहन किया जायेगा और कल होली खेली जायेगी बंसत पंचमी से शुरू हुए इस पर्व का सिलसिला प्रदेश के विभिन्न अंचलों में विविध रूपों में जारी है

अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि होली आपसी सौहार्द का पर्व है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रंगों के इस त्यौहार को भारतीय संस्कृति और परम्परा का प्रतीक बताते हुए इसे शांतिपूर्वक ढंग से मनाये जाने का आहवान किया है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि इस पर्व का उद्देश्य भाईचारा और मेल मिलाप को बढ़ावा देना है बसपा प्रमुख मायावती ने अपने बधाई संदेश में होली को सादगी और सद्भावना के साथ मनाने की अपील की है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी है मथुरा में होली पर लोगों में विशेष उत्साह है

देर रात्रि को इसका दहन होगा

यहां हॉलीबाली गली में होलिका को भी विशाल रूप से सजाया गया है और बुआ होलिका की गोदी में बैठे भक्त प्रह्लाद की प्रतिमाएं जगह जगह सजी हैं गाने बजाने के मध्य इनका दहन किया जाएगा

कहीं कहीं होलिका दहन के बाद जौ बांटने की भी परंपरा पूरी की जाती है इस दौरान चतुर्वेदी समाज का विश्राम घाट से डोला निकाला गया डोल में देश विदेश से हजारों की संख्या में आये भक्त अबीर गुलाल रंगो से सराबोर है यह डोला प्राचीन काल से मथुरा के हृदय स्थल होता हुआ शहर के प्रमुख स्थानों के मार्ग से निकाला जाता ह

फिरोजाबाद में भी होली का पर्व अलग अंदाज से मनाया जाता है कई रोज पहले से ही यहां होली गायन सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से फिरोजाबाद में सदियों से चली आ रही परम्परा के अनुसार गंगा जमुनी तहजीब कार्यक्रम के तहत हिन्दू मुस्लिम होली गायन का आयोजन किया गया जिसमें जहॉ हिन्दू भाइयों ने बरसाना की होली व अन्य गायन सुनाय वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने राधा कृष्ण होली गायन से श्रोताओं का मन मोह लिया शहर के चौबान मोहल्ले में आयोजित इस अनोखे कार्यक्रम में न सिर्फ नगर बल्कि आसपास के जिलों से आये श्रोताओं ने परम्परागत होली का आनन्द लिया लियाकत अली आकाशवाणी समाचार फिराजाबाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेशवासियों को होली पर बधाई देते हुए इसे मिलजुल कर मनाने का आहवान किया है

दूसरा फूलपुर लोकसभा क्षेत्र आर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र जिसमें उप चुनाव हो रहा हैं मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों लोकसभा क्षेत्र की जनता विकास के मद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और दोनों स्थानों पर कमल का फूल बहुत ही जोर शोर से खिलेगा

होली के दौरान साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के मद्देनज़र पदेश के कई जिलों में मुस्लिम धर्म गुरूओं ने जूमे की नमाज का निर्धारित समय बढ़ा दिया है फिरोजाबाद में इस संबंध में धर्म गुरूओं और प्रमुख मस्जिदों के इमामों ने यह फैसला किया है उधर बाराबंकी शहर स्थित जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अबुजर ने भी नमाजे जुमा का निर्धारित समय बढ़ाने की घोषणा की है मुस्लिम धर्म गुरूओं का कहना है कि इसस असामाजिक तत्वों को आपसी सौहार्द बिगाड़ने का मौका नहीं मिलेगा और रंगों का यह त्यौहार शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने में मदद मिलेगी इससे पहले लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने और अराजक तत्वों पर निगाह रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में सरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है कई जिलों में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भी तैनात किय गये हैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम उन्नीस सौ तिहत्तर में जरूरी संशोधन किये जाने के लिए बनाई गई सात सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक को सौंप दी है यह समिति पिछले साल जून में राज्यपाल के कानूनी सलाहकार एसएसउपाध्याय की अध्यक्षता में बनाई गई थी